मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को रेन वॉटर हार्वेस्टिंग और जल संवर्द्धन के लिए कदम उठाने के दिये निर्देश

स्लग लोकसभा अध्यक्ष एनडीए उम्मीदवार ओम बिड़ला आज सत्रहवीं लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए कांग्रेस डीएम के तृणमूल कांग्रेस बीजू जनता दल तेलगू देशम वाईएसआर कांग्रेस जनता दल यूनाइटेड और शिवसेना सहित सभी प्रमुख दलों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें ओम बिड़ला का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया गया था बाद में कार्यवाहक अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार ने ओम बिड़ला को लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित किए जाने की घोषणा की इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री बिड़ला को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने अपना सारा जीवन जनसेवा में लगा दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री बिड़ला जिस कोटा निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं उसे लघु भारत और शिक्षा का केंद्र भी माना जाता है वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भी ओम बिरला के सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा कि श्री बिरला एक युवा ऊर्जावान और सरल राजनेता हैं उनका राजनीतिक जीवन समाजसेवा को समर्पित रहा है स्लग सीएम बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि स्वरोजगार बढ़ाने के लिए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा देहरादून में एलईडी ग्राम लाईट प्रशिक्षण और उत्पादन कार्यक्रम की बैठक में मुख्यमंत्री ने उत्पादों की ब्रांडिंग और पैकेजिंग पर विशेष ध्यान देने और स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उनके कौशल विकास पर ध्यान देने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए स्थानीय लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एलईडी ग्राम लाईट प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रत्येक जनपद और ब्लॉक लेवल पर किया जाएगा

उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में एलईडी बल्बों का उपयोग किया जाय साथ ही राष्ट्रीय पर्वों और राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर भी कार्यालयों में इन्हीं एलईडी बल्बों का उपयोग किया जाय

पिथौरागढ़ प्रशासन ने व्यापार में शिरकत करने वाले व्यापारियों के ट्रेडपास बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है

ट्रेडपास जारी होने के बाद जल्द ही व्यापारियों के लिपुलेख दर्रे से व्यापार का सिलसिला शुरू होने की उम्मीद है

इसके लिए भारतीय क्षेत्र में गुंजी और चीन में तकलाकोट को मंडी बनाया गया लिपुलेख दर्र से आयोजित होने वाले इस व्यापार में हर साल भारतीय व्यापारी गुड़ मिश्री तंबाकू कॉस्मेटिक सामग्री और माचिस लेकर चीन जाते हैं जबकि चीन से रेडीमेट कपड़े जूते कम्बल आदि सामान आयात करते हैं यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जून से अक्टूबर माह तक आयोजित होता है

आईआईटी दिल्ली और भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर को प्रथम दो सौ में रैंक मिला है मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने संस्थानों को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी है एक ट्वीट में डॉ निशंक ने कहा है कि सरकार देश के अन्य संस्थांनों में शिक्षा का स्तर ऊंचा बनाने के लिए दृढ़ संकल्प है

स्वच्छता अभियान में नगरपालिका अध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी के अलावा कई वार्ड सभासद विभिन्न जनपद स्तरीय अधिकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी मनुज गोयल ने कहा कि सभी लोगों को सफाई के इस अभियान में भागीदारी करनी चाहिए तभी यह सफल हो पायेगा उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं

मुख्य सचिव ने देहरादून में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों के साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जल संवर्दधन पर चर्चा करते हुए कहा कि इस संबंध में लोगों को जागरूक करना जरूरी है

उन्होंने कहा कि निजी भवनों में भी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के लिए लोगों को जागरूक करने के प्रयास किये जाएंगे इसके अलावा मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में दुर्घटनाओं में या मृतकों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है वहां पर दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए उन्होंने राज्य में सड़क दुर्घटना के लिए चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स का समाधान करने के निर्देश भी दिये

प्रदेश में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जिन्होंने मुद्रा योजना के तहत लोन लेकर या तो अपना कारोबार बढ़ाया है या फिर अपना नया व्यवसाय शुरू किया है उधमसिंह नगर जिले में भी छोटे कारोबारी इस योजना से खुश और संतुष्ट हैं मोबाइल का काम करने वाले कमल राणा का कहना है कि अपना कारोबार बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन लिया इससे उनके बिजनेस को काफी फायदा हुआ कम ब्याज पर लोन मिलने से वो इसे आसानी से चुका पा रहे हैं

यह योजना छोटे व्यवसासियों और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी जो कारगर साबित हो रही है स्लग योग चमोली अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को लेकर सीमांत जनपद चमोली के लोगों में भी उत्साह है जिले में जगह जगह योग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है सुबह से ही लोग इन शिविरों में योगाभ्यास के लिए पहुंच रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अलावा बच्चे भी योगा के महत्व को समझने लगे हैं